प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री राज्यवर्घन सिंह राठौर ने कहा खेलों में भारत का भविष्य है उज्ज्वल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है कल नई दिल्ली में भाजपा कार्यकारिणी समिति की दो दिवसीय बैठक के अन्तिम दिन भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ने अड़तालिस साल देश में शासन किया और अब वह हमारे अड़तालिस महीनों के काम से अपनी तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग राह पर चलने वाले विपक्षी दल सत्ता हासिल करने के लिए महा गठबन्धन की बात कर रहे हैं परन्तु उनकी नीति स्पष्ट नहीं है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में रहकर कुछ नहीं कर सके वह आज विपक्ष में होते हुए भी अपनी भूमिका नहीं निमा रहे हैं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि प्रघानमंत्री ने अपने भाषण में प्रारम्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अजेय भारत और अटल भाजपा के नारे लगवाये इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है कि वह दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में और अधिक सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आयेगी पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास न तो कोई नेता है न कोई कार्यक्रम और न ही कोई रणनीति है उसका एक मात्र एजेंडा प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता में आने से रोकना है कल नई दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने वाले विजन डाक्यूमेंट्स दो हजार बाइस नाम के राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने विपक्ष पर हताशा और नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जायेडकर ने कहा कि जनता उन लोगों का साथ नहीं देती जो राजनीति में नकारात्मकता लेकर आते हैं उन्हॉने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के पास एक दृष्टि है जुनून है और देश के विकास की परिकल्पना है बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल राजनीतिक प्रस्ताव रखा उसमें मूल मुद्दा ये है कि एक नये भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया और चार साल के बाद हम यह कह सकते है कि नये भारत का संकल्प साकार करने की दिशा में भारत ने बहुत तरक्की की है समाज ने भी साथ दिया है और इसलिए पूरा विश्वास इस प्रस्ताव में जताया है कि नया भारत साकार होकर ही रहेगा उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में दो हजार बाइस तक ऐसे न्यू इंडिया के निर्माण की बात भी कही गयी है जो गरीबी सांप्रदायिकता जातिवाद भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त होगा श्री जाकेडकर ने यह भी कहा कि पिछले चार वर्षा में देश में आतरिक सुरक्षा की स्थिति में पिछली सरकार के शासनकाल के मुकाबले काफी सुद्यार हुआ है प्रस्ताव में असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ नहीं है बल्कि वह घुसपैठ का विरोध करती है श्री जायेडकर ने कहा कि पिछले चार वर्षो में सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कार्य पूरे किये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अभित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में अपना आघार बढ़ाया है और आज पार्टी उन्नीस राज्यों में सत्ता में है केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्क्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि खेलों में भारत का भविष्य उज्ज्वल है उन्होंने आकाशवाणी सामाचार को दिये एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि हाल ही में हुए एशियाई खेलों में नौजवानों से लेकर अधिक उम्र के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया है जब भी भारत का तिरंगा लहराता है तो हम सबको गौरवान्वित कर देता है और वो जो सेंस ऑफ प्राइड है वो इन खेलों में हमेशा नजर आती है उसी तरह से जब हमारे खिलाड़ी चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो या एशियन गेम्स हो इसमें उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करा चाहे वो सोलह साल के हो या फिर साठ साल के एक नया एटीट्यूड देखा खेल ये मैदान में आप देखिये कि इतनी कम उम्र के पहली बार किसी अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबले में जाये और क्हां जाकर स्वर्ण पदक जीतकर आये यह पहली बार हुआ है और जो भविष्य है भारत के लिए वह बहुत सुन्दर रहेगा उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित बदायूं और बरेली जिलों में बुखार फैलने से कई लोगों की जान गयी है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों और कीट वैज्ञानिको सहित विशेषज्ञों के तीन दल इन जिलों में भेज रही है प्रदेश के सिवाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि समी चिकित्सा अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कैंप लगाकर दवाइयां बांटने के निर्देश दिये गये है

इस तरीके के सारे जनपद के सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि वो शिकिर लगाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सारी सुक्वियों उपलब्ध कराने दवाइयों की कमी नहीं है इस तरह की स्थिति से निपटन के लिये योगी सरकार का पूरा प्रबन्ध है प्रदेश के अव्गइस जिले बाढ़ से प्रमावित है जहां एक हजार से अधिक गांवों में पाँच लाख के करीब लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं बुंदेलखंड इलाके में कई बांचों से पानी छोड़े जाने के बाद तमाम गाँव पानी से घिरे हुए हैं यहां ललितपुर जिले में तालबेहाट तहसील के कारेसरकला गांव से एक व्यक्ति को बचाने के लिए एयरपोर्ट के हेलीकाप्टर की मदद लेनी पड़ी जो मातादीला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बेतवा नदी में एक टापू पर बार दिनों से फत्ता हुआ था सुशील वन्द तिवारी आकासवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान वर्षा से जुड़ी घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न भागों में मूसलाघार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है राज्यपाल राम नाईक ने कल राजमवन में आयोजित कार्यक्रम में सूचना एवं जनसम्पर्क विमाग द्वारा प्रकाशित मासिक उर्दू साहित्य पत्रिका नया दौर के अटल विशेषांक का विमोचन किया इस अंक में अटल जी की कवितायें और उनके लेखों को उर्द में अनुवाद करके प्रकाशित किया गया है विमोचन के बाद राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविताओं का उर्दू अनुवाद एक अच्छी पहल है उन्होंने कहा कि अटल जी की कविताओं को उर्दू भाषा में प्रकाशित कर नया दौर ने सराहनीय कदम उठाया है

इसकी लगभग साढ़े तीन हजार प्रतियां प्रतिमाह प्रकाशित की जाती हैं तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे सात दोषियों को रिहा करने की राज्यपाल से सिफारिश की है चेन्नई में कल मुख्यमंत्री ईपलनीसामी की अघ्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया बैठक के बाद राज्य के मंत्री डी जयकूमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हत्याकांड के सात दोषियों मुरूगन सन्थन पेरारीवलन जयकुमार रविचन्द्रन राबर्ट पायस और नलिनी की रिहाई की सिफारिश की है यह फैसला संक्विान के अनुछेद एक सौ इकसठ के तहत लिया है जिसमें राज्य सरकार को दोषियों की रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश करने का अधिकार है इससे पहले केन्द्र सरकार ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए उच्चतम न्यायालय से दोषियों को रिहा नहीं करने की अपील की थी केन्द्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करने से एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इक्कीस मई उन्नीस सौ इक्यानवे को श्री पेरेबदूर में एक चुनावी समा में एलटीटीई के आत्मघाती हमलावर के विस्फोट में मारे गए थे प्रदेश के एक युवा पुलिस अधिकारी सुरेन्द्र कुमार दास का कल नियन हो गया पिछली छः सितम्बर को उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी उन्हें गम्भीर हालत में कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में भर्ती किया गया था पर अन्ततः उन्हें बचाया नहीं जा सका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरेन्द्र कुमार दास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है तीस वर्षीय सुरेन्द्र कुमार दास भारतीय पुलिस सेवा के दो हजार चौदह बैच के अविकारी थे वे कानपुर सिटी ईस्ट में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम कर रहे थे